प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दम खम दिखाया हमारे यहाँ कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अडिग रहता है कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण हैं संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियो देश का कृषि क्षेत्र हमारे किसान हमारे गाँव आत्मनिर्भर भारत का आधार है ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहें हैं धान गेहूं सरसों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ ज्यादा दाम मिले वहीँ पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है प्रधानमंत्री ने लखनऊ के किसान समूह इरादा की चर्चा भी की ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोडयूसर इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियाँ ली और सीधे जा करके लखनऊ के बाजारों में बेची बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किये प्रधानमंत्री मोदी ने कहानी सुनान की कला पर विस्तार से बताया कि कैसे यह हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर को नई प्रेरणा नई ऊर्जा से भर देते थे भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी है जहाँ हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है जहाँ कहानियों में पश्ञ पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गयी ताकि विवेक और बुद्धिमता की बातों को आसानी से समझाया जा सके हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को दश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए

यह दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती

उन्होंने कहा कि जेपी नारायण ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है

प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मूल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लखनऊ के निजी किसान समूह इरादा द्वारा लाकडाउन के दौरान किये गये कार्यो का उल्लेख किया समूह के निदेशक दया शंकर सिंह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों से सब्जियां और फल खरीदकर आम जनता तक पहुंचाने और किसानों का लाभ दिलाने का कार्य चुनौतियों से भरा था उन्होंने बताया कि वह जैविक खेती और अनुबंध खेती पर काम कर रहे हैं जो किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी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

गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टीनेशन नोर्थ ईस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन संस्कृति धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है श्री शाह न कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति बेजोड़ है और वहां के लोगों ने इसे संरक्षित किया है उन्होंने इस क्षेत्र को बेजोड़ संस्कति को भारतीय संस्कृति का आभूषण बताया

मैंने जो खूबसूरती नार्थ ईस्ट के अंदर देखी है शायद ही कहीं देखने को मिल जाए और इतनी विविध भाषाएं विविध संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने पूर्वोत्तर ने सजा कर संजोकर रखा है आज भी इतने सालों की संस्कृति इतने सालों का संगीत इतने सालों का नृत्य इतने सालों से बोले जाने वाली भाषाएं इतने संघर्ष के बाद भी हम लोगों के बाद भी जसे की तस संभालकर रखी है गृहमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास का ढ़ांचा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भविष्य में यह विश्व में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल होगा विश्व पर्यटन दिवस आज देशभर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है इस बार का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में पर्यटन की अहम भूमिका है इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये

उन्होंने कहा कि गंगा घाट के किनारे के गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अर्थ गंगा योजना पर काम हो रहा है

इस केन्द्र को पुनः उसी रूप में स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्ग दर्शन में लगातार कार्य किया जा रहा है वहीं आगरा में पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल और रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा ताजमहल और आगरा किला पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताजमहल को देखने आये पर्यटकों को कोरोना से बचाव का संदेश देते हुए सैनेटाइज कराकर मास्क का वितरण किया गया और अतिथि देवों भव की परम्परा को निभाते हुए सभी पर्यटकों का स्वागत किया गया

उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन डेढ़ लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है

इस मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज सुबह नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हा गया

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है